चौथे चरण में पिछले चरणों के म्काबले कई और रियायतें दी गयी हैं केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अन्मति दी है राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अन्सार जिला सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन तीन अलग अलग जोन में बांट सकेंगे रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच स्थित कंटेन्मेंट क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंटेन्मेंट क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अन्मति नहीं होगी

राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तीनों क्षेत्रों में चलाई जा सकने वाली अन्य गतिविधियों के बारे में फैसला कर सकेंगे अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में भी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश आपस में निर्णय ले सकेंगे सरकार ने खेल कूद परिसर और स्टेडियम खोले जाने की भी अन्मति दी है हालांकि इनमें दर्शकों के जाने की अन्मति नहीं होगी ऑनलाइन और द्रस्थ शिक्षा को और बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे सरकार ने सभी नियोक्ताओं से कहा है कि उनके सभी कर्मचारी अपने मोबाईल फोन में आरोग्य सेत् एप डाउनलोड करें

उन्होंने कहा कि इस पैकेज में कृषि और बागवानी पर बहत जोर दिया गया है और अरूणाचल प्रदेश में भारत का फल बहल राज्य बन सकने की क्षमता है

श्री लोखंडे ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान वाय्सेना और राज्य के हेलिकॉप्टरों की मदद से द्रदराज के क्षेत्रों में राशन पहंचाने के लिए लगभग सौ उड़ानें भरी गईं उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरी तरह से लागू किया है श्री लोखंडे ने यह भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना के द्ष्प्रभाव के बावज्द राज़य सरकार अपने ब्नियादी विकास कार्यों पर कोई आंच नहीं आने देगी

अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा के महाप्रबंधक आबू तायेंग ने बताया कि वर्तमान में पचास प्रतिशत बसे ही चलेंगी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा श्री तायेंग ने कहा कि सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करते हए परिवहन सेवाएं चलाई जा रही है

उन्होंने अधिकारियों से अन्रोध किया कि प्रवासी मजदूरों के आवागमन को स्गम बनाने के लिए अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने में सहयोग दें बैठक में मौजूद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि यदि राज्यों से जल्दी मंजूरी मिल जाती है तो और विशेष रेलगाडियां चलाई जा सकती हैं राज्य सरकारों से अन्रोध किया गया है कि जिलाधीशों और प्लिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और क्शलता के लिए जिम्मेदार बनाया जाए कैबिनेट सचिव ने बैठक में यह भी बताया कि जो मजदूर पैदल चलते पाये जाए उन्हें शिविरों में ले जाया जाए और फिर विशेष श्रमिक रेलगाडियों से उनके आवागमन की व्यवस्था की जाए

इस कार्यक्रम की यह चौसठवीं कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय स्झाने को कहा है